इस मौके पर लोग अपने गुरूजनों का अभिनंदन कर रहे हैं और धार्मिक स्थलों पर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं भोपाल के गुफा मंदिर में इस मौके पर विशेष गुरू पूजा का कार्यक्रम किया जा रहा है जबकि रवीन्द्र भवन में भजन संध्या का कार्यक्रम है होशंगाबाद में इस अवसर पर प्रातःकाल से ही स्नान भजन पूजन का सिलसिला जारी है भक्तजन नर्मदा नदी के विभिन्न घाटों पर पूजाअर्चना कर रहे हैं खंडवा में इस अवसर पर गुरू शिष्य पंरपरा की अनुठी मिशाल पेश की जा रही हैं

मुरैना स्थित करहधाम आश्रम में एक मेला लगाया गया है जिसमें देशभर से आये श्रद्वाल लोकगीतो की प्रस्तुति के साथ प्रजा अर्चना कर रहे हैं वहीं सतना जिले के मैहर स्थित मॉ शारदा शक्तिधाम में पौधरोपण किया गया

उन्होंने कल राजभवन में उनके द्वारा लिखी पुस्तक प्रयास और प्रतिबिम्ब के लोकार्पण कार्यक्रम में यह बात कही उन्होंने कहा कि महात्मा गॉधी जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत अक्टबर माह में प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले एक लाख विद्यार्थी महात्मा गांधी की आत्मकथा का पाठन करेंगे

योजना के पहले चरण में जिले के पांच सौ आदिवासी बुनकरों को चंदेरी महेश्वरी और बाघ प्रिण्ट के विशेषज्ञों द्वारा छमाही निशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा प्रशिक्षण के बाद आदिवासी बुनकरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उत्पादन शुरू करने के लिए अनुदान राशि भी उपलब्ध कराई जायेगी

हाईकोर्ट बार सचिव मनीष तिवारी ने आज जबलप्र में बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया तो जल्द ही राज्यपाल को निंदा प्रस्ताव भेजा जाएगा उधर विधि और विधायी कार्य मंत्री पी सी शर्मा ने आज भोपाल में कहा कि राज्य सरकार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है

तापमान बढ़ने से वाातावरण में उमस बढ़ गई है मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून ने अपनी दिशा बदल दी है और दक्षिण पूर्व मानसून पश्चिम की ओर बेढ़ गया है ऐसे में बारिश न होने से खरीफ की बुआई में देरी हो रही है मौसम विभाग के अनुसार शहडोल जबलपुर ग्वालियर भोपाल संभागों के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है